हरियाणा में सहकारी चीनी मिलें आगामी पिराई सीज़न में गुड़ व शक्कर का भी उत्पादन करेंगी

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड महामारी दौरान फिल्मों व टी वी कार्यक्रमों की शूटिंग शूरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का ऐलान किया है श्री जावड़ेकर ने कहा कि टी वी तथा फिल्म एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे लाखों लोगों को रोज़गार दिया गया है ये संचालन प्रक्रिया केन्द्रीय गृह मंत्रालय तथा सेहत मंत्रालय के साथ विचार करने के बाद जारी की गई है उन्होंने कहा कि टी वी कार्यक्रम तथा फिल्म बनाने के लिए अब देशभर में शूटिंग हो सकती है उन्होंने विश्वास जाहिर किया कि फिल्म व टी वी उद्योग से जुड़े लोग इस फैसले का स्वागत करेंगे श्री जावड़ेकर ने कहा कि फिल्म व टी वी हमारी अर्थव्यवस्था का अहम अंग है हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि पलवल कैथल और महम की सहकारी चीनी मिलों में गूड़ व शक्कर का उत्पादन आने वाले सीजन में किया जाएगा और इसके उत्पादन की सफलता के पश्चात अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी गूड़ व शक्कर का उत्पादन होगा उन्होंने कहा कि इसी प्रकार शाहबाद के सहकारी चीनी मिल प्लांट में जल्द ही एथोनॉल का उत्पादन भी किया जाएगा और इसके लिए व्यवस्था की जा रही है उन्होंने कहा कि एथोनॉल के दाम अधिक हैं और इसे पैट्रोल के साथ मिलाकर बेचा जा सकता है जिससे भी शुगर मिलों को लाभ होगा सहकारिता मंत्री ने कहा कि शाहबाद रोहतक करनाल के साथ साथ पानीपत की सहकारी चीनी मिलों में को जनरेशन बिजली उत्पादन के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन संयंत्रों से अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया जा सके उन्होंने कहा कि राज्य की श्रगर मिलों को घाटे से उबारने के लिए इस प्रकार की नई नई शुरूआत की जा रही है

उन्होंने कहा कि टयूब्वेल से पीने के पानी की आपूर्ति बल्ल्भगढ़ के कई कालोनियों और सेक्टर्स में की जायेगी

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला कल सिरसा के गांव बड़ाग्रुढा में विभिन्न परियोजनाओं का उदघाटन करेंगे व आधारशिला रखेंगे

श्री चौटाला यही से कालांवाली मे नगरपालिका द्वारा बनाई गई विभिन्न सड़कों का उदघाटन क्ररेंगे और कम्यूनिटी सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आज रोहतक में संगठन को मजबूत करने के लिए भविष्य की रणनीति को लेकर पार्टी जिलाध्यक्षों के साथ चर्चा की इस दौरान केन्द्र व प्रदेश सरकार की नीतियों को आमजन के बीच ले जाने पर भी विचार हआ भाजपा ने हाल ही में जिलाध्यक्षों के घोषणा की थी और उसके बाद ये उनकी पहली बैठक है

भिवानी से सीएमओ डॉ जितेन्द्र कादियान ने बताया कि आज जिले में सात नये मामले सामने आये और इतने ही मरीज़ों ने कोरोना को मात दी

कृषि मंत्रालय ने आज बताया कि टिड्डी से नियंत्रण हेतु उपाये कल राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर बीकानेर जिलों में किये गये तथा ग्रजरात के कच्छ जिले में भी ये अभियान चलाया गया मंत्रालय ने कहा कि किसी भी राज्य से टिड़डी के कारण फसल का ज्यादा नुकसान होने का समाचार नहीं है सिर्फ राजस्थान के कुछ जिलों में फसलों का आंशिक नुकसान होना दर्ज किया गया है

यह ऋण बिना किसी गारंटी के दिए जा रहे हैं अम्बाला छावनी नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि केन्द्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत यहां के रेहड़ी फड़ी वालों को पहले अस्थायी प्रमाणपत्र के जारी किए जा रहे हैं उसके बाद उनको बैंक ऋण मुहैया करवाया जा रहा है कल रात ग्रूग्राम में राजीव चौक सोहना एलिवेटिड फलाईओवर का एक हिस्सा दूट कर गिर गया

चंडीगढ़ में अच्छी बरसात की गई जो आठ सेंटीमीटश्र से अधिक की थी